मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में वेबकास्टिंग कंट्रोल रूम बनाया गया है वहां से मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण ग्प्ता और अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी कृष्ण कुणाल पुरी टीम के साथ मतदान पर नजर बनाए हुए है

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने मतदान के दौरान पूलिस प्रशासन द्वारा पक्षपात करने का आरोप लगाया है राजसमंद विधानसभा क्षेत्र के फरारा में भाजपा कार्यकर्ताओं को पुलिस हिरासत में लिए जाने के मामले को लेकर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है श्री पूनिया ने गहलोत सरकार पर सरकारी मशीनरी का दुरूपयोग करने का आरोप लगाते हुए कहाँ कि पुलिस प्रशासन भाजपा कार्यकर्ताओं को भयभीत कर रहा है ताकि मतदान को कम किया जा सके इस संबंध में उन्होंने डीजीपी राजसमंद एसपी और चुनाव अधिकारी से शिकायत की है

प्रदेश में सोमवार सुबह पांच बजे तक वीकेंड कर्फ्यू जारी है

कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं में छूट दी गई है बूंदी में कर्फ्यू के दौरान बाजारो में सन्नाटा देखने को मिला सवाईमाघोपुर में प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर एक मेडिकल स्टोर को तीन दिन के लिए सील किया गया है

पुलिस जगह जगह पर गश्त कर रही है और लोगों से घरों में ही रहने की अपील की जा रही है भारतीय रेल ने लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन कंटेनर ट्रकों को रोल ऑन रोल ऑफ आधार पर द्रलाई की सैद्वांतिक मंजूरी दे दी है लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन से भरे क्रायोजेनिक कंटेनर ट्रको को विशेष रेलवे वैगनों के माध्यम से नजदीकी गंतव्य शहरों तक ले जाया जाएगा इसके बाद ट्रक अपने निर्धारित सुपुर्दगी स्थान पर जाएंगे जिनमें अस्पताल या विशेष चिकित्सा सुविधाए शामिल हैं

प्रदेश के जयपुर और भरतपुर संभाग में आज हल्की बारिश की संभावना है मौसम विभाग के अनुसार कल मौसम शुष्क रहेगा